आज रामगढ़ जिले के सात जबकि बोकारो जिले के तीन मरीज स्वस्थ होकर घर चले गये इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या एक हजार दो सौ तेईस हो गयी है जबकि राजधानी रांची में आज कोरोना संकमण के तीन नये और लातेहार में दो नये मामले सामने आये हैं

इधर रामगढ़ जिले के सात कोरोना मरीज आज स्वस्थ हो गये जिन्हें घर मेज दिया गया

जिले में अब तक अड़सठ लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं उधर बोकारो जेनरल अस्पताल में इलाजरत दो कोरोना संक्रमित मरीजों और रांची के रिम्स में इलाजरत बोकारो के एक अन्य मरीज को स्वस्थ होने के बाद आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी इसी के साथ बोकारो जिला कोरोना संकमण से मुक्त हो गया है

स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग की समेकित कोविड योजना के तहत ये कोच आइसोलेशन कोच में बदले गये हैं यह सलाह दी गई है कि इन कोच में हवा के आने जाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और यदि वातानुकूलित कोच हो तो वह नॉन डक्टेड होना चाहिए कोरोना रोगियों के लिए इन कोच को बदलने से पहले वातानुकूलित या गैर वातानुकूलित कोच के मुद्दे पर नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच चर्चा हुई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

इसमें मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के मेडिकल कंस्लटेंट डॉ नरेश गुप्ता भाग लेंगे श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं

शहीद गणेष हांसदा को उनके बड़े भाई दिनेष हांसदा ने मुखाग्नि दी इस मौके पर सेना के जवानों ने हवाई फायर और बिगुल बजाकर शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी

साहिबगंज के सदर प्रखंड के शहीद कुंदन कुमार ओझा का पार्थिव शरीर आज उनके पैतुक गांव डीहारी पहंचा राजकीय सम्मान के साथ गंगा घाट पर उनकी अन्त्येष्टि कर दी गयी

गिरिडीह जिले में गांडेय थाना पुलिस ने ठगी करनेवाले एक जनप्रतिनिधि समेत ग्यारह साईबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार झा ने आज प्रेसवार्ता में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कल पुलिस टीम ने मरकोडीह गांव के पास से सभी साईबर अपराधियों को पकड़ा है श्री झा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने छब्बीस मोबाइल फोन तैंतीस सिम उन्नीस एटीएम कार्ड सात बैंक पासबुक पांच आधार कार्ड और चार पैन कार्ड जब्त किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरूआत करेंगे प्रधानमंत्री बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से वीडियो कांफ्रेंस को जरिए इस अभियान का शुभारंभ करेंगे इस योजना का उद्देश्य राज्यों में लौटे मजदूरों और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना है एक सौ पच्चीस दिनों के इस अभियान को मिशन मोड पर लागू किया जाएगा यह अभियान बिहार उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश झारखंड और ओंडीसा के उन एक सौ सोलह जिलों में लागू किया जाएगा जहां लौटने वाले श्रमिकों की संख्या पच्चीस हजार से ज्यादा है एक सौ सोलह जिलों की सूची में झारखंड के तीन जिले हजारीबाग गिरिडीह और गोड्डा भी शामिल हैं

इधर हजारीबाग के उपायुक्त भुवनेष प्रताप सिंह ने बताया कि टाउन हॉल में प्रधानमंत्री के कार्यकम का लाइव प्रसारण किया जाएगा

झारखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं की नए सिरे से संभावित तिथियां घोषित कर दी है आयोग ने इसे लेकर संशोधित कैलेंडर जारी किया है तेरह सितंबर को संयुक्त सिविल सेवा बैकलॉग की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने की संभावित तिथि तय की गई है स्वास्थ्य विभाग के अधीन चिकित्सा पदाधिकारियों के पद पर होनेवाली नियुक्ति के लिए साक्षात्कार सत्रह से अठाइस जुलाई तक आयोजित किया जाएगा इसके अलावा आठ परीक्षाओं तथा साक्षात्कार के लिए संभावित तिथि जारी की गयी है जैसा कि आपको मालूम है कि लॉक डाउन लागू होने के बाद आयोग ने सभी परीक्षाओं की संभावित तिथियां रद कर दी थीं संक्षिप्त खबरें ग्मला जिले के पालकोट थानाक्षेत्र स्थित डोम्बाबिरा जंगल में आज पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक उग्रवादी घायल हो गया है पुलिस ने घायल उग्रवादी को गिरफ्तार कर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है उत्तर प्रदेष के चुनार से उनहत्तर श्रमिकों को लेकर विषेष ट्रेन कल रात लातेहार पहुंची उपायुक्त जीषान कमर और प्रलिस अधीक्षक प्रषांत आनंद समेत अधिकारियों ने मजदूरों को सामग्री उपलब्ध करायी और उनके घरों के लिए रवाना किया